मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पुस्तक जलविद्युत क्षमता पर शोध कर रहे शोधार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी

ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश में और अधिक निवेश आमंत्रित करने के लिए उद्योग मित्र माहौल तैयार कर रही है शिमला में कल उन्होंने कहा कि सौर उर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं अनिल शर्मा ने बताया कि विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप उन्हें प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत डयूटी में कटौती से उद्यमियों को बडी राहत मिलेगी बिलासपुर जिले के झंडुता विघानसभा क्षेत्र के विघायक जेआर कटवाल ने कहा है कि सरकार श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है वे कल बरठी में प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने साढे चार सौ श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत पांच लाख रुपए के चैक और तीन सौ लाभार्थियों को इंडक्शन चूल्हे वितरित किए

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वच्छ व घुंआ रहित ईंधन उपलब्य करवा कर पर्यावरण का सरंक्षण करना है योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के कार्यलयों से संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकते है प्रदेश के अधिकांश भागों में बीती रात से वर्षा का कम रूक रूक कर जारी है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की उंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है

इस बीच मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की एडवाजरी भी जारी की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मॉनसून से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल पहुंचा मॉनसून भारी बारिश की चेतावनी पंजाब केसरी की सुर्खी हैं मनाली और लाहौल की पहाड़ियों पर हिमपात चार दिन खराब रहेगा मौसम

दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में आया मॉनसून झूम के

दैनिक जागरण का शीर्षक है एंबुलैंस कर्मियों की हड़ताल गैर कानूनी एस्मा किया लागू दिव्य हिमाचल लिखता है स्वास्थ्य मंत्री ने जीवीके कम्पनी को वैकल्पिक व्यवस्था करने के दिए आदेश धूमल परिवार के खिलाफ आय से अधिक संम्पति मामले की जांच बंद शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है वीरभद्र सरकार में राजनीतिक द्वेष से बनाए केस जयराम सरकार कर रही बंद इसी खबर पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है धूमल परिवार की प्रॉपर्टी जांच का केस अब बंद आय से अधिक सम्पति मामलें में कुल्लु के रिटायर्ड आईएफएस अफसर के घर रेड दस्तावेज कब्जे में लिए संबंधी खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों में प्रकशित है सरकार ने भूल सुधारी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कहा खेती के लिए दो तिहाई नहीं एक चौथाई घटाये बिजली के दाम हिमाचल को मिलेंगे चार कृषि विज्ञान केन्द्र दिव्य हिमाचल की एक खबर है

गुड़िया प्रकरण मामले पर इसी पत्र की एक अन्य खबर है सीबीआई बोली हाई कोर्ट अब बंद करे गुड़िया केस आपका फैसला की एक खबर है हिमाचल विद्युत दोहन से बनेगा आत्मनिर्भर

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में प्रदेश में लगातार आ रहे भूकंप पर चिंता जताई है शीर्षक है मर्म समझे लोग